नामांकन जांच मध्यप्रदेश और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है बूधवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

नामांकन पत्रों की स्कूटनी के बाद से नाम वापसी की प्रक्रिया भी शुरू होगी

प्रधानमंत्री जहां लालपुर में चुनावी सभा को सम्बोधित करेंगे वहीं शाम को राहुल गांधी जमुआ हेलीपैड से लेकर जय स्तम्म तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिये भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा शहडोल पहुंचे शहडोल संसदीय क्षेत्र के आठों विघानसभा के प्रत्याशियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की है राहुल गांधी के रोड शो को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जारी है जिला कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में राहल के रोड शो के बारे में जानकारी दी

ब्योहारी विकासखण्ड में किसानो ने बैलगाड़ी रैली निकाल कर मतदाताओं को जागरुक किया रैली में शामिल लोगो को मतदान का महत्व समझा रहे थे रैली के साथ चल रहा शैला नुतकों का दल लोगो के आकर्षण का केंद्र रहा बाणगंगा मैदान में मतदाताओं को जागरुक करने के लिये पैरासिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया प्रशासनिक अधिकारियों मीडियाकर्मियों और आम नागरिकों ने पैरासिलिंग कर मतदान का संदेश दिया उधर खण्डवा में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले के मार्गदर्शन में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है छठ पूजा के मद्देनजर खंडवा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं स्वीप टीम द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय गणगोर घाट पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें श्रद्दालुओं को नैतिक मतदान का संकल्प दिलाया जाएगा

हालांकि मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय इस चुनाव में प्रयास कर रहा है कि जिन मतदान केन्द्रों में निरंक मतदान अथवा कम मतदान हुआ था वहां पर अधिक से अधिक वोट डाले जायें मुरैना में सबलगढ विघानसभा क्षेत्र के एक वहीं भिण्ड के दो विधानसभा क्षेत्रों के एक एक मतदान केन्द्रों पर कोई वोट नहीं डाला गया गुना अशोकनगर सागर छतरपुर सतना अनूपपुर डिंडोरी सिवनी बैतूल होशंगाबाद खरगोन उज्जैन के एक एक मतदान केन्द्रो में भी निरंक मतदान हुआ दूसरी और रीवा सीधी जिलों के दो दो बालाघाट रायसेन खंडवा और आगरमालवा जिले के दो दो मतदान केन्द्रों में मत नहीं डाले गये विदिशा जिले में चार राजगढ़ में तीन और सर्वाधिक दतिया जिले के कुल छह मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाले गये निरंक अथवा कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाकर लोगों को अधिक वोट डालने के लिये प्रेरित किया जा रहा है

स्वीप अभियान रीवा जिले में शत प्रतिशत मतदान हेतु लोगों को प्रेरित करने स्वीप अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ और नवाचार सिलसिलेवार आयोजित किये जा रहे हैं जिले के कलेक्ट्रेट भवन में लगा विशाल गुब्बारा समावेशी एवं सुगम मतदान का संदेश दे रहा है

केन्द्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने इसकी जानकारी देते हए उनकी आत्मा की शांति की कामना की

इस समय उनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और संसदीय कार्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री मोदी ने अनंत कुमार की पत्नी से फोन पर बात कर उन्हें ढांढस बंधाया लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनके आत्मा की शांति की कामना की वहीं केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वे अपने संसदीय कार्यों और एक राजनेता के रूप में सदैव याद किये जायेंगे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे एक सच्चे जनसेवक थे वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी श्री अनंत कुमार के निधन पर दुःख जताया है

इस दिन गांधी जी ने पाकिस्तान से आये हरियाणा के क्रूक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था लोक प्रसारण दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है नोटा नोटा यानि नन ऑफ दी अबव इनमें से कोई नहीं का विकल्प मतदान के दौरान अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीद्वार को वोट नहीं करना चाहता तो वो नोटा का इस्तेमाल कर सकता है

प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान कुल मतदाताओं में से एक दशमलव चार शून्य प्रतिशत मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना

जिलेवार देखें तो नोटा का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या दतिया की थी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेशवासियों से कांग्रेस पर विश्वास करने की अपील की